आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

म्ख्यमंत्री ने चार परियोजनाओं की डिजीटल माध्यम से शुरूआत की

यह सभी आध्निक उपकरणों से लैस एंबुलैस नागरिक अस्पताल मानेसर द्वारा प्रयोग में लाई जायेगी

पूलिस महानिदेशक मनोज यादव ने पचंक्ला में यह जानकारी देते हये लोगों से अति आवश्यक होने पर ही घर से निकलने और भीड़ भाड़ से बचने की अपील की है उन्होंने कहा कि प्लिस कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रयास कर रही है ताकि सम्पति का न्कसान न हो किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा पर बोलते हये उन्होंने बताया कि सभी राजनीति नेताओं से अन्रोध किया गया है कि जिस राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम हो वो पहले ही पुलिस को बताये ताकि कार्यक्रम से पहले ही पर्याप्त प्लिस प्रबंध किये जा सकें श्री मनोज यादवन ने कहा कि प्रजातंत्र में सभी को शांतिर्पूवक अपनी बात रखने का अधिकारी है लेकिन राजय प्लिस च्नौतियों का सामना करने के लिए तैयार है कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्लिस महानिदेशक ने कहा कि प्लिस ने मास्क् न पहनने वालों के चालान काटने की गति बढ़ाई है उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अवश्य पहने उन्होंने कहा कि देश में दोबारा कोरोना वायरस की लहर चल रही है और अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखना जरूरी है

यह जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह एवं सचिव राजीव प्रसाद ने आज भिवानी में एक पत्रकार वार्ता में दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की देश को कोरोना मुक्त करने की मुहिम को और आगे बढ़ाते हए आज हरियाणा राज्य औदयोगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम दवारा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के क्शल मार्गदर्शन में एक महा कोविड टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया जिसमें निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई

रोहतक के मुख्य डाकघर में आज कोविड टीकाकरण का अभियान चलाया गया

इस दौरान किसी को भी शरीर में कोई द्ष्प्रभाव देखने को नहीं मिला

आज पहले मैच में मुम्बई इंडियनज़ का सामना रॉयल चैलेज़रर्स बैगलूर से होगा

श्री कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से जंग उस समय भी अग्रिम पंकित में आकर लड़ी जब हमारे पास न तो जांच प्रयोगशालायें थी न ही मास्क और वेंटिलेटर थे और आज हमारे पास अन्भव संसाधन और वैक्सीन भी है और हम वैक्सीन भी उपलब्ध करा रहे है